मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से टीके को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है श्री मोदी ने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है

जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरामैडिकल स्टॉफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में समी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में तीस करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है बाईट एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है ये भारत के सामर्थ्य भारत की वैज्ञानिक दक्षता भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हैं बाईट ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है

वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक से बनाई गई है जो भारत में बरसो से ट्राइल और टेस्टिड है प्रधानमंत्री ने लोगों से अफवाहों और टीके के बारे में भ्रामक प्रचार से गुमराह नहीं होने की अपील की उन्होंने कहा कि टीके की दो खुराक लेनी जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी खुराक के केवल दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी

एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसी गलती मत करना और जैसा एक्सपर्टस कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा श्री मोदी ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपट रहा है उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने यह उदाहरण भी पेश किया है कि केंद्र राज्य सरकारें स्थानीय निकाय और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स में टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सबसे पहले एक सफाईकर्मी को टीका लगाया गया संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद पॉल ने भी टीका लगवाया इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश लोगों की भागीदारी के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा बाईट एक साल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ लड रहे हैं और लड़ते लडते जंग सफलता की ओर बढ रही है भारत के लोगों की मदद से जिन्होंने ट्रायल्स में भी कॉन्ट्रिब्यूट किया डॉक्टरॉ की मदद से इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड टीकारण अभियान भी पल्स पोलियो अभियान की तरह सफल होगा प्रदेश में आज एकसाथ तीन सौ केन्द्रों पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में टीकाकरण अभियान की शुरूआत की सबसे पहले संस्थान के सफाईकर्मी राम बाबू को कोविड का टीका दिया गया मुख्यमंत्री ने टीका लगवाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया राज्यभर में आज लगभग तीस हजार लोगों को टीके दिये गये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग की अपील करते हुये लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी है

बेगूसराय में इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित थे बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के स्वदेशी टीके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अन्य जिलों में कार्यक्रम की शुरूआत के समय जिलाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कोरोना का टीका लगवाने वाली एक लाभार्थी ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई

उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चोबीस घंटों में तीन सौ अट्ठाईस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरपन हजार एक सौ छियासी हो गई है वहीं इसी अवधि में दो सौ उनतालीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो लाख अंठावन हजार पांच सौ अट्ठाईस हो गया है एक दिन में चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ तिरपन हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार आठ सौ अठासी है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सोलह हजार नौ सौ सतहत्तर मरीज स्वस्थ हुए हैं देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या एक करोड़ एक लाख नवासी हजार से अधिक हो गई है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए शाहनवाज हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरूण सिंह ने यह जानकारी दी गौरतलब है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के राज्य सभा के लिए और विनोद नारायण झा के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद दोनों नेताओं ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था इन दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है कई हिस्से में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई हैं मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक मौसम के रूख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा हालांकि औसत तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की सम्भावना है आज पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश के सबसे ठंडा स्थान रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जमुई में आयोजित तीन दिवसीय राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का विधिवत उद्घाटन किया पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग की ओर से नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित यह राज्य का पहला पक्षी महोत्सव है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर सिंघारा गांव में अपराधियों ने हाजीपूर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता शिवरंजन झा की गोली मारकर हत्या कर दी घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने हाजीपुर में विरोध प्रदर्शन कर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है इधर दरभंगा जिले के तिरकेश्वर थाना क्षेत्र अन्तर्गत भूसकोरबा गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से टीके को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की